वे आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर देशभर की ग्राम पंचायतों के सरपंचों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र दो गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया न लॉकडाउन के शब्द का प्रयोग किया बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया आपने सिम्पल सा मैसेज दे दिया दो गज दूरी का या कहे कि दो गज देह की दूरी का इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अदभुत काम किया है दो गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खूद से दूर रख रहे हैं किसी संभावित संक्रमण से खूद को बचा रहे हैं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 उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने जिला अपने स्तर पर राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिन्दुस्तान कैसे आत्मनिर्मर बने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े ये तय करने का ये सबक हमने सीखा है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

इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी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 प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी पंचायत राज प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता और भागीदारी के बल पर ग्रामीण विकास के सपने को साकार किया है उन्होंने कहा है कि हमारी पंचायतें गांवों के विकास और जन कल्याण के कार्यो के साथ आपदाओं और महामारी से निपटने में भी सक्षम है

प्रधानमंत्री मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह चौंसठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चौनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा रात को आठ बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकता है प्रधानमंत्री बातचीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सरगुजा जिले के अधिवक्ता पीआर कश्यप से टेलीफोन पर बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली अटहत्तर वर्षीय पीआर कश्यप शुरू से ही जनसंघ और भाजपा से जुड़े रहे हैं प्रधानमंत्री ने उनसे करीब दो मिनट तक बातचीत की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उन्नीस सौ संतानवे में स्थानीय शिशु मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने सरगुजा आए थे तभी उनसे मुलाकात हुई थी कोरोना बच्चे वापसी प्रक्रिया देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कोटा राजस्थान में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को लाने के लिए पचहत्तर बसों का एक काफिला अब से कुछ देर बाद रवाना होगा इस काफिले में एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ी भी रहेंगी मिली जानकारी के मुताबिक कोटा में प्रदेश के डेढ़ हजार से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत् हैं जो लॉकडाउन में वहां फंसे हुए हैं इन विद्यार्थियों को बसों के जरिये छत्तीसगढ़ लाया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ वापस लाने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी इसके तुरंत बाद मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बच्चों को लाने के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था केन्द्र से मंजूरी मिलने के बाद अब बच्चों को कोटा से वापस लाया जाएगा मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट कर कहा कि कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को वापस लाने के बाद अन्य प्रदेशों में फंसे नागरिकों और पर्यटकों के साथ ही श्रमिकों को भी वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे कोरोना प्रयास विद्यालय छूट शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दसवीं और बारहवीं कक्षा को छोड़कर शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया है इसके मद्देनजर आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय और एकलव्य विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक के प्रावधानों में छूट देने की घोषणा की है आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए कक्षा आठवीं में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक और एकलव्य विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए पांचवीं में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक का प्रावधान था

इन्हें मिलाकर अब तक तीस मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं वर्तमान में कोरोना से संक्रमित छह मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित छत्तीस मरीजों की पुष्टि हुई है गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए दस हजार तीन सौ छियालीस लोगों के सैंपल लिए गए थे जिनमें से छत्तीस लोगों के सैंपल पॉजीटिव मिले हैं वहीं नौ हजार दो सौ छह सैंपल निगेटिव पाए गए जबकि एक हजार एक सौ चार लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है कोरोना आरडी किट राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की त्वरित जांच के लिए राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की तकनीकी कोर कमेटी की अनुशंसा पर आरडी किट के उपयोग के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है पत्र में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के उपयोग के पहले आईसीएमआर की सलाह को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं पत्र में आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि केवल आरटीपीसीआर जांच से ही की जा सकती है इसलिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग इसकी पुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता है पत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग सर्विलांस और सहयोगी जांच के रूप में की जा सकती है इस टेस्ट का उपयोग लक्षण उत्पन्न होने के सात दिनों के बाद ही किया जा सकता है

जांजगीर चांपा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मनरेगा का काम शुरू हो गया है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिले की पांच सौ ग्राम पंचायतों में तेरह सौ से अधिक कार्य चल रहे हैं इनमें एक लाख पंद्रह हजार से अधिक मजदूर कार्यरत् हैं वहीं इसी जिले के जांजगीर सक्ती और चांपा के शेल्टर होम में रह रहे प्रदेश के अन्य जिलों के चौंतीस लोगों का आज स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया

इसमें प्रदेश सहित देश विदेश के प्रतिभागियों ने भाग लिया विजेताओं को पुरस्कृत किया गया इसी जिले के पामगढ़ चांडीपारा और मेऊ में तय समय से अधिक समय तक दुकान खोले जाने के कारण बारह दुकानदारों से साढ़े सोलह हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया उधर सरगुजा संभाग आयुक्त इमिल लकड़ा ने कोरिया जिले के राहत शिविरों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की और शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया इधर बिलासपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए स्कूलों में घोषित अवकाश के दिनों में भी छात्र छात्राओं को सूखा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है अब तक जिले के एक हजार छह सौ नब्बे स्कूलों के एक लाख संतानवे हजार से अधिक विद्यार्थियों को सूखा खाद्यान्न का वितरण किया गया है

जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाने और थूकने पर सौ रूपये सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और दोपहिया वाहन में एक से अधिक सवारी पाए जाने पर दो सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा इस बीच राजधानी रायपुर में पोस्ट ऑफिस रायपुर डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर जरूरतमंदों तक फूड पैकेट पहुंचाने की पहल शुरू कर दी है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने आज जरूरतमंदों के बीच भोजन के पांच सौ पैकेट बांटे वहीं आज सीआरपीएफ रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्रीप्रकाश ने कलेक्टर एस भारतीदासन से मिलकर डोनेशन ऑन व्हील्स पर जवानों द्वारा उपलब्ध कराए गए राहत पैकेट भेंट किया सीआरपीएफ की पैंसठवीं बटालियन के पहले प्रदेश में तैनात एक सौ ग्यारहवीं बटालियन ने भी राहत पैकेट की पर्याप्त मात्रा जिला प्रशासन को भेंट की थी उधर महासमुंद जिले के बागबाहरा में महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है इधर दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चे पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल के जरिये पढ़ाई कर रहे हैं जिले के करीब सात हजार शिक्षकों की टीम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं इस पोर्टल में चौरानवे हजार से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं केन्द्र उज्जवला योजना लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं गरियाबंद के वार्ड नंबर चार की गायत्री सोनी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए राशि प्राप्त हुई है इसके लिए उन्होंने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है

कोरिया जिले के ग्राम सलबा की रहने वाली कोलेश्वरी कुजूर ने बताया कि उनके खाते में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राशि आई है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है

मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों ने तेमेलवाड़ा और चिंतागुफा के बीच तीन जगह सड़क काटकर जगरगुंडा इलाके को पहुंच से दूर करने का प्रयास किया था इस दौरान सर्चिंग के लिए निकली सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा सड़क काटकर लगाए गए लगभग दस से पंद्रह किलो के आईईडी को बरामद किया इस दौरान सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह और कमांडेंट धर्मेन्द्र सिंह भी मौजूद थे उधर दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में बीती रात माओवादियों ने दो ट्रक और एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया संक्षिप्त समाचार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य में मनरेगा के तहत ग्यारह लाख अटहत्तर हजार से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है योजना के तहत राज्य में इकतालीस हजार से अधिक कार्य शुरू किए गए हैं रायपुर स्थित उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज उद्योग मंत्री कवासी लखमा को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दस लाख रूपये की राशि भेंट की बलरामपुर जिला पंचायत के सीईओ ने मनरेगा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत के चार सचिवों को निलंबित कर दिया है महासमुंद पुलिस अधीक्षक ने जन शिकायत पर कोमाखान थाना के दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है वहीं सिंघोड़ा थाना के एक आरक्षक को लाईन अटैच किया गया है बलरामपुर वनमंडल के तहत शंकरपुर में वन विभाग की टीम ने अवैध इमारती लकड़ी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है आरोपी के घर से तीस नग साल चिरान और अट्ठाईस नग पटरा जब्त किया गया है